राज्य सरकार ने कहा महानंदा नदी की बाढ़ से बचाव के लिए बनेगा तटबंध

सीबीआई की टीम ने सुजन घोटाला मामले में इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक देव शंकर मिश्र को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले से गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार मैनेजर पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष दो हजार नौ से दो हजार सत्रह के दौरान भागलपुर के सबौर स्थित इंडियन बैंक की शाखा से लगभग नौ करोड़ की राशि सुजन महिला सहकारिता समिति के बैंक खाते में अवैध रूप से ट्रांसफर की थी यह राशि भागलपुर के डीडीसी के सरकारी बैंक अकाउंट से स्थानांतरित की गयी सीबीआई पटना कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी सृजन मामले में एक अहम कड़ी मानी जा रही है मैनेजर से प्रछताछ में सरकारी राशि की बंदरबाट के पूरे नेटवर्क की खुलासा होने की उम्मीद है आयकर विभाग ने पटना टॉल प्लाजा के ठेकेदार और स्टोन चिप्स के व्यवसायी राजेन्द्र सिंह के घर पर छापेमारी में लाखों रूपये के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया है

महानंदा नदी की बाढ़ की रोकथाम के लिए नदी की बेसिन में एक सौ अंठानवे किलोमीटर लंबा तटबंध बनेगा इसके लिए राज्य सरकार ने महानंदा नदी बाढ़ प्रबंधन पुनरीक्षित योजना को मंजूरी दी है आठ सौ बयासी करोड़ रूपये लागत से बनने वाले इस तटबंध से चार जिलों की पचास लाख आबादी को फायदा मिलेगा योजना के तहत पहले चरण में बनने वाले इस बांध से महानंदा के साथ रतवा और नागर नदियों की बाढ़ से भी सुरक्षा मिलेगी यह बांध कटिहार पूर्णिया किशनगंज और अररिया जिलों के लगभग पचास लाख की आबादी को बाढ़ से बचायेगा प्रदेश में बाढ़ के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं गंगा बागमती बूढ़ी गंडक और अध्वारा की सहायक नदियों में पानी का स्तर घट रहा है राहत शिविरों से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं हालांकि पानी के दबाव के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर परिचालन अभी भी ठप है बागमती नदी का जलस्तर थलवारा और हयाघाट स्टेशनों के बीच बने रेल के पुल को छू रहा है जिसके कारण रेल यातायात पिछले पांच दिनों से बाधित है अगले एक दो दिनों में रेल परिचालन बहाल होने की संभावना है राज्य में मॉनसून फिलहाल कमजोर हो गया है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून बिहार से दूर निकल गया है इसके चलते फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है हालांकि छह अगस्त तक प्रदेश में आंशिक बादल छाये रहेंगे कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है सात अगस्त के बाद मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है बारिश नहीं होने के कारण हवा में नमी की मात्रा घटने से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है लोकसभा में बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस के पारित होने के साथ ही इस विधेयक को संसद का अनुमोदन मिल गया है राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे के उपयोग को परिभाषित करने के अलावा बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को मृत्यू दण्ड सहित सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने पर रोक लगाने के लिए विधेयक में ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल तक की कैद की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है दोबारा यही अपराध करने पर सात साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगेगा विधेयक में बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित भी किया गया है विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के हर बच्चे को न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि पॉक्सो के दायरे में यौन प्रताड़ना शामिल है महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पॉक्सो के तहत लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की मंजूरी दी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल के संचयन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की क्षति से निपटने के लिए प्रदेश में चल रहे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह कार्यक्रम श्रू किया जायेगा कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग के अधीन सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जायेगी इस बीच बिहार में जल संरक्षण की नई योजना के तहत अब राजगीर के घोड़ाकटोरा में बाढ़ का पानी संरक्षित किया जायेगा इस व्रहद योजना के अंतर्गत बाढ़ की अवधि में गंगा के पानी को राजगीर और गया में संरक्षित कर पेयजल के रूप में इसका उपयोग करने की तैयारी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित घरेलू टूर्नामेंट में पन्द्रह मैचों की मेजबानी करेगा इसके अलावा विजय मर्चेंट अंडर सिक्सटीन के तीन मैचों की मेजबान भी बिहार को मिली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्ण मान्यता मिलने के बाद दूसरी बार इतने बड़े पैमाने पर बिहार बीसीसीआई को घरेलू टूर्नामेंटों का मेजबानी करेगा बिहार कुश्ती संघ की ओर से पटना के दानापुर में आयोजित राज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में पटना की पहलवान धनवंती रेश्मी कुमारी और भागलपुर की रितु सिंह ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया वहीं बेतिया के लोकेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन कर सर्वेश्रेष्ठ पहलवान का दर्जा हासिल किया राज्य सब जूनियर और कैडेट जूडो चैम्पियनशिप का दो दिवसीय आयोजन खगौल के जगजीवन स्टेडियम में किया जायेगा आठ और नौ अगस्त को होने वाले इस चैम्पियनशिप में प्रदेश के सभी जिलों के बालक बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे प्रदर्शन के आधार पर चुने गये खिलाड़ियों को बिहार टीम में शामिल किया जायेगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगएनएमसी के विरोध में पटना एम्स और आईजीआईएमएस के रेजिडेंट चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं जिसके चलते इन अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बाधित हैं पटना पुलिस ने फुलवारीशरीफ के जानीपुर में एक मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक ही परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार किया है साथ ही एक युवती को भी मुक्त कराया गया है अगले सप्ताह से प्रदेश के सभी पांच हजार सात सौ छब्बीस हाई स्कूल और प्लस ट्र विद्यालयों में उन्नयन बिहार की शुरूआत हो जायेगी इसके अंतर्गत पन्द्रह अगस्त तक इन विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं चालू कर दी जायेंगी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किया है राजधानी पटना के सभी छह अंचल और निगम मुख्यालयों में शहरी अजीविका केन्द्र स्थापित किये जायेंगे इसके अंतर्गत राजधानी वासियों को एक टॉल फ्री नम्बर के जरिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी

आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने हरियाली मिशन के शुभारंभ को प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है हरियाली में बिहार बनेगा उदाहरण दैनिक जागरण की सुर्खी है दिल्ली में चलेंगे उन्नाव कांड के सारे केस प्रभात खबर लिखता है दानापुर कोचिंग में सहपाठी ने की नौवीं की छात्र को गोली मारकर हत्या दैनिक भास्कर ने लिखा है डॉक्टरों के देशव्यापी हड़ताल के बीच राजसभा में एनएमसी बिल पास

राज्य सरकार ने कहा महानंदा नदी की बाढ़ से बचाव के लिए बनेगा तटबंध